मतदान सोमवार को

उ र्तार प्रदेश में चौदह राजस्थान में बारह मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सात सात बिहार में पांच झारखंड में चार और जम्मू कश्मीर में एक सीट के लिए मतदान होगा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरें द्व मोदी ने आज उ तार प्रदेश में दो और बिहार में एक रैली को सम्बोधित किया केन् द्वीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने जयपुर में जनसभा को सम्बोधित किया भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अमेठी में रोड शो और फतेहपुर में रैली को संबोधित किया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आज सुल्तानपुर में रैली को सम्बोधित किया वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की रैलियां उ तार प्र देश के बहराइच और गोंडा जिले में हुई

राज्य निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने गणना अभिकर्ताओं और रिटर्निंग ऑफिसर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए साथ ही गणना अभिकर्ताओं को गणना स्थल पर प्र वेश के लिए आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं समय से पूरा करने के निर्देश दिए

जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन से जुड़े सभी कार्मिकों को आपस में बेहतर समन्वय बनाकर पूरी निष्ठा एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि समूचा देश तूफान प्रभावित लोगों के साथ है प्रधानमंत्री तूफान से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए सोमवार को ओड़िसा का दौरा करेंगे ओड़िसा में च क्रवाती तूफान के असर से कम से कम दस लोगों की मौत हो गई है एयर इंडिया ने कहा है कि वह च क्र वात प्रभावित ओड़िसा में मु पत राहत सामग्री ले जायेगा उधर च क्र वाती तूफान पश्चिम बंगाल में कमजोर पड़ गया है कोलकाता हवाई अड्डे से आज सुबह उड़ानें भी शुरू हो गई स्लग हाईकोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकारी आवासों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों को समूची अवधि का किराया बाजार दर के हिसाब से देने का आदेश दिया है

खंडपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को अन्य सुविधाओं के लिए भी समान रूप से भुगतान करने का आदेश दिया है

पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि भारी बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ में यात्रा में आने वाले श्रद्वालुओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से सभी सम्भव प्र यास किये जा हैं

उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम में लगभग तीन हजार यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध है जिला प्रशासन को यात्रा मार्ग को सुचारू करने के निर्देश दिये गये हैं वहीं पुलिस प्रशासन को यात्रियों की सुरक्षा और ट्रै फिक नियंत्रण के निर्देश दिये गए हैं साथ ही चिकित्साधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है गौरतलब है कि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट सात मई केदारनाथ के नौ मई और बदरीनाथ धाम के कपाट दस मई को खुलेंगे स्लग कमिश्नर बैठक गढ़वाल कमिश्नर बीवीआरसी पुरुषोतम ने गढ़वाल मण्डल के सभी जनपदों की जिला पंचायत नगर पंचायत और नगर पालिकाओं को यात्रा रूट और पड़ावों पर सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये हैं इस संबंध में उन्होंने पौड़ी में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक ली बैठक के दौरान उन्होंने पौड़ी कोटद्वार दुगड्वा में सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई उन्होंने फोन पर चमोली के जिलाधिकारी को मन्दिर समिति से समन्वय बनाकर बदरीनाथ मंदिर परिसर में तैयारियों को जल्द पूरा करने को कहा

स्लग कार्यशाला अल्मोड़ा के कटारमल में आज पर्यटन और पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया इसका उद्देश्य होम स्टे योजना को प्रोत्साहन देना था कार्यशाला में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि गोविंद बल्लभ पंत की जन्मस्थली खूंट और कटारमल जैसे ग्रामों को विकसित करने के लिए विशेष पहल करनी चाहिए उन्होंने कहा कि वर्तमान में पलायन को रोकने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना होगा ताकि यहां के लोगों को रोजगार मिल सके इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के वेंकटेश्वर कॉलेज से आए छात्रों द्वारा सम्पूर्ण देश के विभिन्न शहरों में होम स्टे पर किए जा रहे कार्यो की सराहना की उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग की पहल पर होम स्टे योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है इसके परिणाम सकारात्मक हैं उन्होंने कहा कि होमस्टे योजना के दौरान लिए जाने वाली निर्धारित दरों की सूचना जिला पर्यटन विकास कार्यालय को भी दी जाए

यहां उच्च हिमालयी गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पैदल रास्ते और पुलों का निर्माण किया जा रहा है पिछले दिनों हुई भारी बरसात में तांकुल क्षेत्र के दर्जनों मकानों और सम्पर्क मार्गों को क्षति हुई थी पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे का कहना हैं की प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण का काम लगातार जारी हैं और जल्द ही सभी प्रभावित इलाकों में संचार सेवाएं दोबारा कायम कर दी जाएगी उन्होंने बताया कि अधिकारियों को क्षेत्रों में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं

मुख्यमंत्री ऋषिकेश में गौरांगी चावला के घर पहुंचे और परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई दी उन्होंने कहा कि गौरांगी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य को सार्थक कर दिखाया है और प्रदेश का नाम रोशन किया है

चस्लग क्मा ऊं आयु क्त कुमा ऊं मण्डल आयुक्त राजीव रौतेला ने कहा है कि समाज के कमजोर तबके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग को नई कार्य संस्कृति और तत्परता से काम करना होगा आज नैनीताल में समाज कल्याण महकमे की मण्डलीय समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि धनराशि होने के बाद भी समय से लाभार्थियों के खाते में न पहुंच पाना अत्यन्त गंभीर मामला है और विभाग की उदासीनता प्र दर्शित करता है उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बजट की मांग समय से निदेशालय को प्रेषित करें